नेपाल बंगलादेश और म्यांमा के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर जांच चौकियों से विदेशी यात्रियों के आवागमन पर भी रोक लगा दी है कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में किसी भी जानकारी या सहयोग के लिए चौबीसो घंटे चलने वाली हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है इसका नंबर है शून्य एक एक दो तीन नौ सात आठ शुन्य चार छ विदेश मंत्रालय ने कोरोना वायरस से संबंधित उपायों में तेजी लाते हुए विदेशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया है जो इस बारे में समन्वय स्थापित करेगा विदेश मंत्रालय में अपर सचिव दम्मू रवि को इस काम के लिए संबद्ध अधिकारी नियुक्त किया गया है सभी भारतीय मिशन दिन रात काम करते हुए विदेशों में मौजूद भारतीयों की समस्याओं को सुन रहे हैं विदेशमंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रंगला व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रखे हए हैं भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के अब तक एक सौ सात मरीजों की पृष्टि हो चुकी है इनमें सत्रह विदेशी नागरिक शामिल हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि हवाईअड्डों पर बारह लाख उत्तीस हजार से अधिक यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई है महाराष्ट्र में संक्रमण के सर्वाधिक इकतीस रोगी दर्ज किए गये हैं केरल में बाईस और उत्तर प्रदेश में बारह लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है अब तक देश में कोविड नाइन्टीन के संक्रमण वाले नौ मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है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 लोगों को बडी सभाओं में हिस्सा लेने से बचना चाहिए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 हाथ को बार बार साब्न पानी से धोने अथवा अल्कोहल मिश्रित पदार्थ हाथ पर लगाने की सलाह दी गई है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 इस्तेमाल किये गये टिश्यू पेपर तत्काल बंद डिब्बों में फेंके जाने चाहिए बुखार आने सांस लेने में कठिनाई होने और खासी की स्थिति में तत्काल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए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 आगरा जिले की पुलिस ने कोरोना वायरस की संक्रमण की रोकथाम में बाघा बने एक रेल विभाग के अधिकारी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि रेल अधिकारी कोरोना वायरस से संक्रमण की संदिग्ध अपनी बेटी को स्वास्थ्य विभाग से छिपाने की कोशिश कर रहे थे रेलवे अधिकारी के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है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 इस चरण में आवास से जुड़ी जानकारियां जुटाई जाएगी जबकि दसरा चरण जनसंख्या की गणना का होगा जो अगले वर्ष नौ फरवरी से अटठाईस फरवरी तक पूरे देश में एक साथ चलेगा जनगणना नागरिकों से संबंधित विविव प्रकार के सांख्यिकी आंकड़ों का एक मात्र सबसे बड़ा चोत्र है हर दस साल पर होने वाला जनगणना कार्य एक सौ तीस साल से भी ज्यादा के इतिहास के साथ लोगों से संबंधित आंकड़े एकत्र करने का विश्वसनीय माध्यम रहा है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 दो हजार इक्कीस की जनगणना परंपरागत कागज और पेन के ज़रिए नहीं बल्कि एक मोबाइल फोन अनुप्रयोग के माध्यम से की जाएगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उन्तीस तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित अपने कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे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 आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है यह दिवस हर वर्ष पन्द्रह मार्च को उपभोक्ताओं के अधिकारों और आवश्यकताओं के प्रति विश्व में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों का सम्मान करना और बाजार में उनके शोषण को रोकना है इस वर्ष का विषय है सदैव सक्षम उपभोक्ता